प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एन डी ए सरकार किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं श्री मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं बाईट प्रधानमंत्री एमएसपी घोषणाएं होती थी खरीदारी नहीं होती थी समर्थन मूल्य के अखबार में इश्तेहार दिए जाते थे फोटो छपवाए जाते थे वाहा वाही लूटी जाती थी लेकिन किसान के घर में कुछ जाता नहीं था क्योंकि वो राजनीति में इतने डूबे हुए थे कि उनको इस देश के गांव गरीब किसान की परवाह नहीं थी मैं आज सर झुकाकर कह रहा हूं मेरे भाईयों और बहनों हमने एमएसपी डेढ़ गुणा करने का वादा किया था आज उसको हमने धरती पर उतार दिया है प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बाणसागर नहर परियोजना के उद्घाटन के दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने जनता की अनदेखी की और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया बाईट प्रधानमंत्री किसानों के नाम पर पहले की सरकारें किस तरह आधी अधूरी योजनाएं बनाती रही उन्हें लटकाती रही इसके भुक्तभोगी आप सब लोग हैं आप सब उसके साक्षी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना चाहती है जिसमें बीमारों गरीबों बच्चों युवाओं और किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा जा सके राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि कौशल उन्नयन से व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है और हनरमंद व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है श्री मलिक ने यह बातें आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित विश्व युवा कौशल दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहीं उन्होंने कहा कि कौशल युक्त युवा शक्ति ही नये भारत के सपने को साकार करेगी श्री मलिक ने इस अवसर पर शेखपुरा मुंगेर रोहतास समस्तीपुर बेगूसराय और बांका के जिलाधिकारियों को युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार प्रदेश के एक करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाने पर काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि चालीस लाख युवाओं के प्रशिक्षण के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग से चार हजार आठ सौ करोड़ की मांग की जाएगी नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण कोसी और गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है कोसी नदी में बाढ़ आने से सुपौल के दर्जनों गांव में पानी भर गया है वहीं गोपालगंज जिले के बरौली के सिकटिया गांव के पास गंडक नदी के पानी से सलेनपुर बांध पर खतरा बढ़ गया है केन्द्रीय जल आयोग से मिली सूचना के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर आज बसुआ और बलतारा में खतरे के निशान से तैंतालिस और सत्रह सेंटीमीटर ऊपर था दोनों स्थानों पर नदी के जलस्तर में आज रात तक पांच से सत्रह सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है वहीं बागमती नदी का जलस्तर बेनीबाद में खतरे के निशान से ग्यारह सेंटीमीटर जबकि गंडक नदी का जलस्तर डुमरिया घाट में अठारह सेंटीमीटर नीचे है इन दोनों नदियों के जलस्तर में कल सुबह तक कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की है रिहंद जलाशय और बाणसागर डैम से पानी छोड़े जाने के बावजूद सोन नहर प्रणाली को अभी तक पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो सका है जिसका सीधा असर धान की रोपनी पर पड़ा है भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बलिराम मिश्र ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर रोहतास सहित दक्षिण बिहार के आठ जिलों में धान की रोपनी शुरू कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है उन्होंने सोन नहर में जल संकट के स्थायी समाधान के लिए इन्द्रपूरी जलाशय परियोजना का निर्माण शीघ्र शुरू कराने का भी अनुरोध किया है नीति आयोग एलपीजी सब्सिडी को रसोई सब्सिडी में बदलने के एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है ताकि खाना पकाने के लिए पाइप के जरिए पहंचाई जाने वाली प्राकृतिक गैस और जैव ईंधन का इस्तेमाल करने वाले लोगो को फायदा पहुंचाया जा सके नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि खाना पकाने के काम में आने वाले सभी प्रकार के ईंधनों के लिए सब्सिडी की व्यवस्था लागू होनी चाहिए इस समय सरकार एलपीजी का इस्तेमाल करने वालों को ही सब्सिडी देती है दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र में बेंता चौक के पास स्थित एक स्कूल के कमरे में शराब पी रहे बहादुरपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक और इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य समेत चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सभी लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से अठाईस हजार रुपये नकद तीन मोबाइल फोन और शराब भी जब्त की गई है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपने शिक्षा संस्थानों को यह सूचित करने को कहा है कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए फीस जमा करने की तारीख तब तक के लिए बढ़ा दी जाए जब तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि नहीं पहुंच जाती सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह निर्देश इन शिकायतों के बाद जारी किया है कि शुल्क समय पर जमा न करने के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज राजभवन में प्रदेश के दस विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग चार सौ चालीस कॉलेजों में स्नातक स्तर पर नामांकन के लिए ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों में से चयनित छात्रों की प्रथम सूची जारी की जारी सूची के अनुसार चार लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग साढ़े तीन लाख विद्यार्थी सोलह जुलाई से चौबीस जुलाई के बीच नामांकन ले सकेंगे इस अवसर पर उपस्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि प्रथम सूची के बाद भी संस्थानों में स्थान रिक्त रहता है तो बोर्ड दूसरी सूची जारी करेगा इसके आधार पर कॉलेजों में बची सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी राज्य के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए आज आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो गयी राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने परीक्षा के सफल आयोजन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि परीक्षा के लिए आवेदित नब्बे हजार से अधिक अभ्यर्थियों में से बानवे प्रतिशत परीक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रस्तिकाओं की समय पर जांच कर जल्द ही परीक्षाफल का प्रकाशन कर दिया जाएगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने राज्य के कई हिस्सों से धान के बिचड़ा में रोग लगने की सूचना पर पौधा संरक्षण विभाग के सभी पदाधिकारियों को निगरानी का निर्देश दिया है श्री कुमार ने कहा कि इस रोग में धान के बिचड़े सूख जाते हैं या पीले हो जाते हैं उन्होंने कहा कि यह एक रोग है जो अधिक तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होने से अधिक प्रभावी हो जाता है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पिछले चार सालों में केन्द्र सरकार ने देश के विकास के लिए अतुलनीय कार्य किये हैं श्री सिंह ने आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार बिहार के सतत विकास के लिए दो लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रही है उन्होंने कहा कि बरौनी रिफाइनरी की क्षमता नौ मीलियन टन प्रतिवर्ष करने के बाद पेट्रोकेमिकल्स का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा श्री सिंह ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ रही है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि प्रदेश के अप्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाएगा श्री पाण्डेय ने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में काम कर रहे ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा बेगूसराय जिले के एफसीआई थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव से पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है वहीं अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बहादुरगंज मार्ग पर पुलिस ने एक वाहन से तीन सौ छियालिस बोतल विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ला में स्थित तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गयी वहीं बिहारशरीफ के बेना थाना क्षेत्र के दोसुत गांव में तालाब में ड्रबने से एक बच्ची की मौत हो गयी कटिहार जिले के सालमारी थाना क्षेत्र के अरिहाना पंचायत में भूमि विवाद में एक महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गयी शिवहर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिपराही थाना क्षेत्र से दो बाल मजदूरों को मुक्त कराया है अररिया जिले में नियमित टीकाकरण में लगातार हो रही गिरावट पर जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा ने सिविल सर्जन सहित सभी डीपीएम के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है